इसके तहत स्कूली बच्चों को सप्ताह में दो दिन आहार के रूप में दूध दिया जाएगा मुख्यमंत्री ने कोरोना के मददेनजर राज्य के हड़ताली कर्मचारियों से काम पर वापस लौटने की अपील की

मुख्यमंत्री अमृत आंचल योजना प्रदेश के स्कूलों में कल से करीब साढ़े सात लाख बच्चों को सप्ताह में दो दिन दोपहर के वक्त दूध दिया जाएगा अभी आंगनबाड़ी केंद्रों के करीब एक लाख बहत्तर हजार बच्चों को सप्ताह में चार दिन पौष्टिक आहार के रूप में दूध उपलब्ध कराया जाता है

उच्च शिक्षा सहकारिता राज्य मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि कल मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत इस महत्वाकांक्षी योजना को लांच करेंगे आंगनबाड़ी केंद्रों के बाद अब प्रदेश के माध्यमिक जूनियर प्राथमिक स्कूलों के लिए शुरू की जा रही इस योजना को मुख्यमंत्री अमृत आंचल योजना नाम दिया गया है

स्वास्थ्य विभाग और अस्पतालों के स्तर पर कोरोना वायरस से बचाव के लिए पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं कोरोना के खतरे को देखते हुए बरती जा रही सतर्कता और अब तक किए गए इंतजामों की मॉनीटरिंग खुद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत कर रहे हैं इस बीच मुख्यमंत्री ने कोरोना के मद्देनजर हड़ताली कर्मचारियों से प्रदेश हित में काम पर वापस लौटने की अपील की है

उन्होंने बताया कि फिलहाल उत्तराखंड में कहीं भी इस वायरस की मौजूदगी नहीं मिली है

इसके चलते इस क्षेत्र में मानव और बाघ के बीच संघर्ष बढ़ने की आशंका बनी हुई है इसको देखते हुए वन विभाग आस पास के ग्रामीण इलाकों में जनजागरुकता अभियान चला रहा है

आज देहरादून में श्री दरबार साहिब परिसर से पैदल संगत ने नए झंडे को लाने के लिए प्रस्थान किया मोथरोवाला रोड और कारगी चौक से सहारनपुर रोड होते हुए संगत नए ध्वज को सम्मान के साथ श्री दरबार साहिब लेकर पहुंचे

गौरतलब है कि मेले में हर साल देश विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्वाल पहुंचते हैं इस बार पिछली बार की तुलना में काफी ज्यादा संगत के पहुंचने की उम्मीद है क्योंकि इस साल नया ध्वज दंड चढ़ाया जाएगा

मेला पन्द्रह जून तक चलेगा उत्तराखण्ड सहित विभिन्न राज्यों के श्रद्वालु मेले में बड़ी संख्या में भाग लेने पहुंच रहे हैं यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो इसके लिये मेले में सुरक्षा की दृष्टि से व्यापक बंदोबस्त किये गये हैं यहां आने वाले तीर्थ यात्रियो की सुविधा के लिये मेला क्षेत्र में स्ट्रीट लाइटें पीने के पानी सहित विश्राम गृहों की व्यवस्था की गई है वहीं शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए स्थानीय पुलिस और होमगार्ड के जवानों को तैनात किया गया है पूर्णागिरी मेले में बड़ी संख्या में नेपाल से भी श्रद्वालुओं के पहुंचने की उम्मीद है कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते जिला प्रशासन ने टनकपुर में एक आइसोलशन वार्ड स्थापित किया है जिसमें नेपाल से आवाजाही करने वाले लोगों की स्क्रीनिंग की जा रही है जौलीग्रांट एयरपोर्ट देहरादून का जौलीग्रांट एयरपोर्ट देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट्स में शामिल होने जा रहा है

उन्होंने बताया कि अब इस एयरपोर्ट की उड़ानों को अन्य राज्यों के लिए भी जोड़ा जाएगा

इसके लिये जिला प्रशासन तैयारियों को अंतिम रूप दे रहा है महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रमों में स्थानीय कलाकारों के अलावा कुमांऊंनी और पूर्वोत्तर राज्यों के कलाकारों को भी आमंत्रित किया गया है

चमोली में बद्रीनाथ हेमकुंड फूलो की घाटी औली रूपक्ंड रुद्रनाथ और बेदिनी बुग्याल में बर्फबारी होने के समाचार मिले हैं इसके अलावा केदारनाथ गंगोत्री यमुनोत्री और पिथौरागढ़ जिले की ऊचांई वाली चोटियों में भी हल्का हिमपात हुआ है वहीं राज्य के कई हिस्सों में भी हल्की बारिश हुई है

मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के अनुसार तीन हजार मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले हिस्सों में बर्फबारी भी हो सकती है